वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा कर्मचारियों के हितों की रक्षा का दिया आश्वासन प्रदेश में लगातार छठे दिन नए कोरोना मरीजों की संख्या रही दो सौ के पार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

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण ग्रप्ता ने बताया कि कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार विधानसभा के उप चुनाव हो रहे हैं उन्होंने नामांकन से लेकर प्रचार और मतगणना तक कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशो की पालना कड़ाई से करने की अपील की है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

श्री गुप्ता ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार आयोग की ओर से ऑनलाइन नामांकन की भी वैकल्पिक व्यवस्था की है

इन जिलों में अलवर बारां दौसा भरतपुर धौलपुर जयपुर जोधपुर करौली कोटा सवाईमाधोपुर सिरोही और श्रीगंगानगर शामिल है

कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिन बैंकों के निजीकरण की संभावना है वे भी निजीकरण के बाद काम करना जारी रखेंगे और कर्मियों के वेतन या पेंशन संबंधी सभी हितों का ख्याल रखा जायेगा इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए

राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी है

विधेयक के तहत महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है

बैठक में श्री खरे इन राज्यों में अपनायी जा रही संचार नीतियों की समीक्षा करेंगे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

नौ जिलों बूंदी चूरू दौसा धौलपुर श्रीगंगानगर करौली संवाई माधोपुर सिरोही और टोंक में कोई नया मामला नहीं मिला राज्य में कल इस बीमारी से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई

जैसलमेर में भी कोरोना संकमण के नए मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है और जांच की रफ्तार बढ़ा दी है

यह कोरोना काल का पहला लक्खी मेला है

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बाबा श्याम के मेले के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है मेले में इस बार भंडारे नहीं लगाए जाएंगे और ना हीं डीजे बजाया जा सकेगा